मौसम विभाग ने राजधानी पटना सहित प्रदेशभर में भीषण गर्मी को लेकर चेतावनी जारी की है अगले चौबीस घंटों तक दक्षिण बिहार समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी दिन और रात में अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान सामान्य से छह से सात डिग्री सेल्सियस तक अधिक बना हुआ है जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक मौसम की यही स्थिति बनी रहेगी विभाग ने कहा है कि मॉनसून के कमजोर पड़ने के कारण अगले पांच दिनों तक बिहार में इसके आगमन की सम्भावना नहीं के बराबर है उत्तरी बिहार के कुछ जगहों पर स्थानीय कारणों से आंशिक बादल छाये रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है गोपालगंज के एसएस बालिका प्लस टू स्कूल से मैट्रिक की बयालीस हजार से अधिक कॉपियों के गायब होने का मामला प्रकाश में आया है इस संबंध में विद्यालय के प्राचार्य ने स्थानीय थाने में स्कूल के आदेशपाल और रात्रि प्रहरी समेत अन्य कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक कॉपियां विज्ञान विषय की है स्कूल प्रबंधन ने मिनी ट्रक से कॉपियों के गायब होने की आशंका जतायी है मामले की जांच जारी है सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के तीन मेडिकल कॉलेजों में चालू शैक्षणिक सत्र में नामांकन की अनुमति दे दी है इन कॉलेजों में अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज गया वर्द्वमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पावापुरी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया शामिल हैं न्यायमूर्ति एसए नजीर और इंदु मल्होत्रा की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुये कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इन कॉलेजों का तीन महीने बाद निरीक्षण करेगा और देखेगा की उन कमियों को दूर किया गया है या नहीं जिसके आधार पर केन्द्र सरकार ने इन कॉलेजों में नामांकन पर रोक लगायी थी मामले की अगली सुनवाई पच्चीस सितम्बर को होगी इधर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुये कहा है कि मेडिकल कॉलेजों की स्थिति सुधारने को लेकर दिये गए निर्देशों का सरकार पालन करेगी प्रदेश के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के चौकीदारों का मानदेय पन्द्रह सौ रूपये से बढ़ाकर पांच हजार रूपये प्रति माह कर दिया गया है शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है सभी चौकीदारों का भुगतान विद्यालय कोष से किया जायेगा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बालू की बढ़ी कीमतों की सरकार समीक्षा करवायेगी पटना से पत्रकारों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि बालू की कमी से प्रदेश में विकास कार्य बाधित हुये हैं जिसके कारण दूसरे राज्यों में बालू ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है उन्होंने कहा कि बालू का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने के लिए तीस जून तक चालान काटने पर पाबंदी लगायी जायेगी गौरतलब है कि प्रदेश में जुलाई से सितम्बर तक प्रदेश की सभी नदियों से बालू खनन पर रोक रहेगी देश भर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों एम्स में एमबीबीएस की प्रवेश परीक्षा के परिणाम में अररिया जिले के मिर्जापुर कोदरपट्टी के अब्दुर्र रहमान को ऑल इंडिया में छठी रैंक मिला है वहीं नीट और इंटरमीडिएट परीक्षा की टॉपर कल्पना कुमारी को बहत्तरवां स्थान प्राप्त हुआ है इस वर्ष कुल सात हजार छह सौ सत्रह उम्मीदवारों को सफलता मिली है परीक्षा में पहले तीन स्थान छात्राओं ने हासिल किए हैं ग्रह मंत्रालय ने राष्ट्रपति वीरता पुलिस पदक और प्रधानमंत्री वीरता पुलिस पदक प्राप्त पुलिस और पारा मिलीट्री के कर्मियों को मिलने वाले मासिक भत्ता में दो गुनी वृद्धि की है पूर्व मध्य रेलवे ने तीन ट्रेनों सम्पूर्ण क्रांति एक्सप्रेस बिहार सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस और सप्तक्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में खाने की बिलिंग के लिए पीओएस मशीन उपलब्ध करा दी है पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा है कि सात जिलों में सड़क निर्माण के लिए उनके विभाग ने चौतीस करोड़ रूपये की मंजूरी दी है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि सिक्किम और मेघालय की तरह बिहार के प्रमुख पर्यटक स्थल के आस पास जैविक उद्यान हब तैयार किये जायेंगे श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों को निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश दिया है मुजफ्फरपुर जिले के चर्चित अल्पावास गृह यौन शोषण मामले में तेरह पीड़िताओं को पीएमसीएच में जांच करायी गयी बाकी बची सोलह लड़कियों की जांच इक्कीस और बाईस जून को करवाई जायेगी पटना हाई कोर्ट ने प्राईवेट मेडिकल कॉलेजों में शुल्क निर्धारण के संबंध में सरकार की ओर से संतोषजनक उत्तर नहीं दिये जाने पर सरकार पर दस हजार रूपये का जुर्माना किया है रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के मामले में डीजे संचालक समेत अठारह लोगों पर नासरीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती की परीक्षा में नकल कराते हुये बिहार के चार युवकों को गिरफ्तार किया गया है ये सभी पूर्णियां भागलपुर जमुई और औरंगाबाद के रहने वाले हैं प्रदेश के दस विश्वविद्यालयों के कॉलेजों में स्नातक में नामांकन के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है छात्र ओएफएसएस बिहार डॉट इन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया अठाईस जून तक चलेगी बिहार लोक सेवा आयोग ने एक जुलाई को होने वाली तिरसठवीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है छात्र उनतीस जून तक आयोग की वेबसाईट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते है सम्भावित बाढ़ के मद्देनजर प्रदेश के सभी तटबंधों पर सहायक अभियंता और होमगार्ड जवानों की तैनाती की जायेगी जल संसाधन मंत्री ललन सिंह ने बताया कि हर पांच किलोमीटर पर सहायक या कनीय अभियंता और हरेक किलोमीटर पर होमगार्ड जवान तैनात किये जायेंगे वैशाली जिले के गोढ़िया में आज तड़के एक ट्रक और कार के बीच हुई टक्कर में एकही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि दो बच्चे गम्भीर रूप से घायल हो गये पुलिस ने बताया कि सभी एक शादी समारोह से लौट रहे थे घायल बच्चों का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने कश्मीर में सीज फायर समाप्त होने के बाद भारतीय सैन्य बलों द्वारा की गयी कार्रवाई को प्रकाशित करते हुये लिखा है ऑपरेशन ऑल आउट के दूसरे दिन दो आतंकी ढ़ेर दैनिक जागरण लिखता है न अपराध न साम्प्रदायिकता से कोई समझौता मुख्यमंत्री दैनिक भास्कर की सुर्खी है एम्स के नतीजे घोषित नीट टॉपर कल्पना को बहत्तरवां रैंक प्रभात खबर ने दिल्ली में जारी गतिरोध पर हाई कोर्ट के फैसले को प्रमुखता देते हुये लिखा है किसी के दफ्तर या घर के अन्दर नहीं दे सकते हैं धरना राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है लू का कहर जारी पारा बयालीस के पार आज की खबर है ट्रेन लेट हुई तो रेलवे देगा खाना